आज नामजदगी पर्चे भरने का अंतिम दिन है

इधर जयपुर जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों में महापौर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है मेयर पद के लिए कल वोट डाले जायेंगे

मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन आज नवें दिन भी जारी है भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग को जाम किया हुआ है वहीं बयाना भरतपुर मार्ग भी अवरूद्व है इधर रेलवे की कई गाड़ियां बदले हये मार्ग से चलाई जा रही हैं दूसरी ओर सरकार ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला द्वारा आज से आंदोलन को तेज किये जाने के अल्टिमेटम के बाद मांगों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास और बढा दिये हैं सरकार के पक्षकार खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन लगातार गुर्जर नेताओं के संपर्क में है पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की एक ट्वीट के जरिये उन्होंने कहा कि श्री नारायणन के राष्ट्र निर्माण में दिए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा सवाई माधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है

हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि शावकों की खबर के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में कल हैण्डीक्राफ़्ट फैक्ट्री में आग लगने से पांच श्रमिक झुलस गए